कोवैक्सीन अनुमति भारत के औषध महानियंत्रक ने आपात स्थिति में कोविड के दो टीकॉ भारतीय सीरम संस्थान के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है भारत के औषध महानियंत्रक वी जी सोमानी ने आज इन दोनों टीकों को अनुमति देने की घोषणा की औषध महानियंत्रक ने बताया कि दोनों टीकों के आपात उपयोग की विशेष समिति की सिफारिश के बाद केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने स्वीकृति प्रदान की

मंत्री शपथ मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज नवनियुक्त मंत्री तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई मंत्रिमंडल विस्तार शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन के सांदीपनि सभागार में किया गया इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे तुलसीराम सिलावट उप चुनाव में इंदौर जिले के सांवेर और गोविन्द सिंह राजपूत सागर जिले के सुरखी विधानसभा सीट से विजयी हुए हैं उधर शिवराज कैबिनेट में मंत्री इमरती देवी और राज्य मंत्री गिरराज दंडोतिया के इस्तीफे मंजूर कर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया

उन्हें राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने राजभवन में पद की शपथ दिलाई इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई जज मौजूद रहे पत्थरबाजी कानून मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार जल्द ऐसा कानून बनाएगी जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी सजा के साथ उनकी प्रापर्टी राजसात करने का प्रावधान होगा आज भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निवास पर पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पत्थरबाजी करने वाले समाज के दुश्मन हैं ऐसे लोगों को सख्त सजा देने के लिए कानून बनाने के निर्देश अफसरों को दे दिए हैं दरअसल नीमच उज्जैन और मंदसौर में पिछले दिनों पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं

जिसके बाद वन विभाग ने प्रदेश के सभी संरक्षित वन क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं प्रबंधन से कहा गया है कि क्षेत्र के सभी जलाशयों की लगातार निगरानी करें किसी भी पक्षी में बर्ड फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत स्थानीय पशु चिकित्सकों की मदद से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजें उल्लेखनीय है कि इंदौर के एक कॉलेज में मृत मिले कौवों में बर्ड फ्लू का वायरस मिलना पाया गया पशु चिकित्सा विभाग ने राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल से कौवों के शव का परीक्षण कराया था इसके बाद पशुपालन विभाग ने अलर्ट जारी किया है

इससे हवा का रूख भी बदल गया है हमारे श्योपुर संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल रात गिरे ओलों से हुए नुकसान का आकलन करने आज जिला प्रशासन की टीम प्रभावित गांव में पहुंची उधर जबलपुर में बादल छाये रहने की वजह से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है